भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन प्रभावित

निर्वाचन आयोग ने कल होने वाली मतगणना के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह बताया कि मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी इसके बाद ईवीएम में डाले गये मतों की गिनती की जायेगी उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में चौंतीस मतगणना केन्द्र बनाये गये हैं जहां सत्रह हजार कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है पटना सहित सात जिलों में दो दो लोकसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती होगी प्रत्येक विधान सभा के लिए अलग टेब्रल बनाया जायेगा जिस पर कम से कम पैंतालीस कर्मी तैनात होंगे इस बार हरेक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच पांच ब्रथों पर डाले गये मतों का वीवीपैट से मिलान होगा जिसमें दो से तीन घंटों का समय लग सकता है पोस्टल बैलेट की गिनती करने वाले कर्मियों को गोपनीयता की शपथ दिलायी जायेगी श्री सिंह ने बताया कि मतगणना केन्द्रों की सुरक्षा त्रि स्तरीय होगी बिना पास के परिसर में घुसने की अनुमति नहीं होगी मतगणना केन्द्र के सौ मीटर के दायरे में भारतीय दंड संहिता की धारा एक सौ चौवालीस के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि रुझान सुबह नौ बजे से ही आने की संभावना है लेकिन परिणाम आने में थोड़ी देर हो सकती है

सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी इसके अलावा परिसर के बाहर और मुख्य प्रवेश द्वार पर विडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी मतगणना स्थल पर किसी प्रकार की आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस मेडिकल टीम और फायर बिग्रेड का दस्ता मौजूद रहेगा इधर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव परिणाम की जानकारी देने की सार्वजनिक व्यवस्था की है लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाईन एप्प के माध्यम से मतगणना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग चुनाव परिणामों पर पहली बार लगातार चालीस घंटे का कार्यक्रम विशेष जनादेश दो हजार उन्नीस प्रसारित करेगा कल सुबह सात बजे से शुक्रवार रात ग्यारह बजे तक हिन्दी और अंग्रेजी में इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण होगा

आयोग ने मीडिया में आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें स्ट्रांग रूम में रखी गई ई वी एम के स्थान पर कथित रूप से अन्य ई वी एम को रखने की कोशिश की बात कही गयी है आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की खबरें और आरोप पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं आयोग ने कहा है कि मतदान समाप्त होने के बाद सभी ई वी एम और वी वी पैट को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में लाया जाता है जिसे उम्मीदवारों और प्रेक्षकों की उपस्थिति में दोहरे ताले के साथ सील किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है तथा मतगणना होने तक दोनों ही सी सी टी वी की निगरानी में रहती हैं केंद्रीय अर्द्वसैनिक बल स्ट्रांग रूम का चौबीसों घंटे पहरा देते हैं और निगरानी के लिए उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि भी मौजूद होते हैं मतगणना के दिन वीडियोग्राफी के अंतर्गत उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि तथा प्रेक्षक की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाता है लोकसभा चूनाव में प्रदेश में महिलाओं ने पूरूषों की तूलना में चार दशमलव छह छह प्रतिशत अधिक मतदान किया है राज्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सात चरणों में औसतन सत्तावन दशमलव चार छह प्रतिशत मतदान हुआ इसमें पुरूषों की सहभागिता पचपन दशमलव दो छह और महिलाओं की उनसठ दशमलव नौ दो फीसदी रही सबसे अधिक सुपौल संसदीय क्षेत्र में इकहत्तर दशमलव छह चार प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं सबसे कम तैंतालीस दशमलव तीन सात प्रतिशत महिलाओं ने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मात्र एक दशमलव दो फीसदी अधिक वोटिंग हुई राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए चलायी जा रही परवरिश योजना का सोशल ऑडिट कराने का फैसला किया है समाज कल्याण विभाग के निदेशक राज कुमार ने बताया कि इसकी जिम्मेदारी केयर इंडिया नाम की संस्था को दी गयी है उन्होंने बताया कि संस्था राज्य के सभी जिलों में इस योजना के लाभुकों की पड़ताल करेगी और उनके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी परवरिश योजना के अन्तर्गत अनाथ बच्चों का भरण पोषण करने वाले अभिभावक को एक हजार रूपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती है अनाथ बच्चों के अलावा कुष्ठ पीड़ित बच्चों एच आईवी पीड़ित अभिभावक के बच्चों और एच आई वी पीड़ित बच्चों को भी यह सहायता दी जाती है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही ने कहा है कि दरभंगा के बेनीपुर व्यवहार न्यायालय में जल्द ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की व्यवस्था की जाएगी श्री शाही बेनीपुर अनुमंडल के व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से अपर सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की सम्भावना नहीं है अधिकांश जगहों का अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहेगा मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार बिहार से ओडिशा के बीच बने चक्रवाती दवाब क्षेत्र के प्रभाव से शनिवार से कई स्थानों पर तेज आंधी चलने और बारिश की सम्भावना बनी हुई है जिससे तापमान में गिरावट आयेगी पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए पटना से हावड़ा के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन किया जायेगा यह ट्रेन पटना जंक्शन से चौबीस मई को रात एक बजकर पैंतीस मिनट पर हावड़ा के लिए रवाना होगी वहीं हावड़ा जंक्शन से वापसी में यह ट्रेन छब्बीस मई को रात दस बजकर पचास मिनट पर खुलेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने ईवीएम पर मचे घमासान और दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है संयुक्त विपक्ष ने ईवीएम पर चुनाव आयोग को घेरा अखबार ने एनडीए की बैठक से जुड़ी खबर को शीर्षक दिया है एनडीए पर मोदी का भरोसा कहा विपक्ष का हंगामा बेवजह दैनिक जागरण की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के ईवीएम से सौ फीसद मिलान की मांग वाली याचिका खारिज की कहा देश को चुनने दें सरकार दैनिक भास्कर लिखता है अरूणाचल में आतंकियों ने विधायक और उनके बेटे सहित ग्यारह लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है नियत समय पर होंगे विधानसभा चुनाव विशेष दर्जे की मांग कायम आज और राष्ट्रीय सहारा ने मतगणना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन प्रभावित